प्रदेश सरकार ने कहा गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कराया जाएगा सख्ती से अनुपालन

देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या के दोगुना होने का समय बढ़कर बारह दिन हुआ

कोविड नाइन्टीन महामारी के रोकथाम के लिए देश में आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है जो दो सप्ताह यानी सत्रह मई तक प्रभावी रहेगा गृह मंत्रालय द्वारा कल इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये इसी क्रम में प्रदेश में भी जनपदों को रेड आरेन्ज और ग्रीन जोन में चिन्हित किया गया है प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं साथ ही केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां शुरू कराने के भी निर्देश दिए गए हैं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में कटेनमेंट जोन और कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्णबन्दी का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर आवश्यक वस्तू निर्माण कार्य और अन्य औद्योगिक गतिविधियों को निश्चित प्रतिबंधों के साथ अन्मति दी जाएगी श्री अवस्थी ने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में सिनेमा हॉल मॉल जिम खेल परिसर मनोरंजन पार्क असेंबली हॉल खोलने की अनुमति नहीं होगी उन्होंने कहा सांस्कृतिक धार्मिक या अन्य किसी भी तरह की सामूहिक गतिविधि पर भी रोक जारी रहेगी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थाए बंद रहेगी शहरों में मॉल और बड़े बाजार बंद रहेगे लेकिन बाजार में आवश्यक वस्तु की बिक्री वाली दुकान खोलने की अनुमति होगी श्री अवस्थी ने कहा कि ई कॉमर्स के द्वारा आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी निजी कार्यालय तैंतीस प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे श्री अवस्थी ने कहा कि टैक्सी और कैब सेवाएं एक ड्राइवर और दो सवारियों के साथ जनपद के भीतर चल सकेंगे इन्हें जिले से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी रेड जोन में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन साइकिल ऑटो रिक्शा या कैब चलाने की अनुमति नहीं होगी ग्रीन जोन के अंदर बसों के संचालन को अनुमति दी गयी है यह संचालन पचास प्रतिशत क्षमता के साथ होगा बस डिपो भी पचास प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करेंगे उन्होंने अपील की कि पैंसठ वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चे घरों से बाहर न निकलें इस बीच गोरखपुर कानपुर और कुशीनगर सहित कई जनपदों के जिलाधिकारियों ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में किसी प्रकार की नई छूट नहीं देने का निर्णय किया है यहां पहले की तरह लॉकडाउन का अनुपालन जारी रहेगा भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने कोविड नाइन्टीन महामारी से लड़ाई में दिन रात जुटे डॉक्टरों नर्सों चिकित्सा कर्मियों पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों के सम्मान में कल फ्लाईपास्ट किया और अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की प्रदेश में कोरोना महामारी से संघर्ष में लगे योद्वाओं की सेवा और प्रयासों के प्रति अनुठे ढंग से आभार व्यक्त किया गया सेना के हेलीकॉप्टरों ने लखनऊ में कल सुबह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के परिसरों में कोरोना योद्वा डॉक्टरों नर्सों सफाईकर्मियों और अन्य लोगों पर आकाश से पृष्प वर्षा की वाराणसी मेरठ और राज्य के अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार कोरोना योद्वाओं का सम्मान किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में सशस्त्र बलों ने हमेशा भरप्र सहयोग किया है और कोरोना योद्वाओं के साथ एकजुटता का उनका प्रदर्शन भी बेहद महत्वपूर्ण है गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाएं दी हैं केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना महामारी की इस संकट की घड़ी में अथक संघर्ष में जूटे कोरोना योद्वाओं के प्रति रक्षाबलों की एकजूटता के प्रदर्शन ने उनमें गहरा विश्वास भर दिया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने एक ेटरीट संदेश में कहा कि हमारी सेनाओं के शानदार प्रदर्शन ने कोविड नाइन्टीन महामारी से लड़ने में हर एक भारतीय को एकजूट किया है देश में कोविड नाइन्टीन मरीजों के स्वस्थ होने की दर छब्बीस प्रतिशत से ज्यादा हो गई है अमी तक दस हजार आठ सौ सत्तासी लोग स्वस्थ हो चुके हैं और इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है देश में फिलहाल चालीस हजार दो सौ तिरसठ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं इनमें से एक हजार तीन सौ छह रोगियों की मृत्यु हो गई है शेष अट्ठाइस हजार सत्तर का इलाज चल रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में कोविड नाइन्टीन रोगियों के स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्वि हो रही है उन्होंने कहा कि ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन दिनों में संक्रमित लोगों की संख्या के दोगुना होने की दर बढ़ कर बारह दिन पिछले सात दिन में ग्यारह दशमलव सात और पिछले चौदह दिन में दस दशमलव चार रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपूर के टेराकोटा कारीगरी को बौद्विक संपदा अधिकार यानी जीआई पंजीकरण मिलने पर बधाई दी है टवीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि बौद्विक संपदा अधिकार का दर्जा प्राप्त होने के बाद गोरखपुर जिले के इस उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष दो हजार अटठारह में गोरखपूर के टेराकोटा शिल्प को एक जिला एक उत्पाद योजना के रूप में मान्यता दी थी बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने में सफलता मिली है लेकिन अमी भी कृछ हिस्सों में मामले सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि इसी कारण से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का निर्णय किया है उन्होंने लोगों से लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी पूरी सतर्कता बरतने और सभी एहतियाती उपाय करने की अपील की है लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया कि लॉकडाउन करके सोशल डिस्टॅसिंग करके इसको रोका जाय और काफी हद तक पूरे देश में नियंत्रित भी हथा है तेकिन अभी भी कुछ केस लगातार बढ़ रहे हैं

हम इसका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे तीन जोन बनाकर के ग्रीन ऑर्रिज और रेड जोन बना करके अलग अलग जोन में जनता को सुक्धा भी दी गई है आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें इसके लिए भी व्यवस्था की गई है प्रदेश सरकार राज्य के प्रवासी श्रमिकों को वापस ला रही है श्रमिकों को लेकर पहली रेलगाड़ी कल सुबह लखनऊ पहुंची राज्य सरकार ऐसी और रेलगाडियां चलाने के बारे में संबद्ध अधिकारियों से बातचीत कर रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र के नासिक से आठ सौ सैंतालीस प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन कल सुबह लखनऊ पहँची जिला प्रशासन के अधिकारियों ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर उनसे मुलाकात की और मेडिकल चेकअप के बाद उन्हे राज्य परिवहन निगम की तीस बसों से उनके गृह जनपदों को भेज दिया गया इन श्रमिकों को संबंधित जिलों में भेजने से पहले उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए लॉकडाउन के दौरान अहमदाबाद में फँसे बारह सौ प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन कल सुबह कानपुर सेन्ट्रल पहुँची स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि साबरमती से कानपुर के लिए यह स्पेशल ट्रेन चलायी गयी जिससे यात्रा करके आये विमिन्न जिलों के प्रवासी कामगारों की स्क्रीनिंग की गयी उसके बाद उन्हें जिलेवार भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठमेड़ में शहीद हुए इक्कीस राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल आशुतोष शर्मा समेत सभी शहीदों को श्रद्वांजलि दी है कर्नल आशुतोष बुलंदशहर की सियाना तहसील के गांव परवाना के मूल निवासी थे मुख्यमंत्री ने शहीद कर्नल के परिवार को पचास लाख रूपये के आर्थिक सहयोग और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है कर्नल आश्तोष की स्मृति में उनके पैतक गांव में गौरव द्वार का निर्माण कराया जाएगा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में आपको कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि कोरोना आपदा से उबरने के लिए हमें सामान्य जीवन जीने के लिए प्रयास करने होंगे सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कोविड नाइन्टीन के खिलाफ संघर्ष में लोगों से परस्पर सामाजिक दूरी बनाये रखने तथा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा का प्रसारण कल रात नौ बजे से द्रदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर शुरू हो गया है